विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही

स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें जैसे की आपने लकड़ी के टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा यह आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस दुकड़े की कीमत भी बड़ा दी

लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नयी डिजाइन नयी स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रि स्किल और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजे सीखते जाएं पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए

प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीवंत और ऊर्जावान बने रहने का एहसास भी दिलाते हैं श्री मोदी ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है बाइट तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं यहीं समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहें इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नाविक के रूप में दुनियाभर के नौ परिवहन क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन पांच वर्ष पहले स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था इसके तहत देशभर में हजारों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाए गए हैं तथा आईटीआई संस्थानों की क्षमता बढ़ाई गई है इन ठोस प्रयासों के कारण पिछले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक युवाओं को कुशल बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया

उन्होंने समय समय पर शिक्षकों को नई विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता जताई राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से पश्पालन के क्षेत्र में नये आविष्कार करने और विशेषज्ञ तैयार करने का आह्वान किया उन्होंने फसलों का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिये किसान उत्पादक संगठनों को अपनाने की आवश्कता बताई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

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं

सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है

यह परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है एक टवीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है बागपत लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विशेष राहत पैकेज जारी किया है उससे बागपत के हजारों किसानों को भी बड़ा फायदा हुआ है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जो किसानों को आर्थिक मदद मिली उससे किसानों ने संकट के इस काल में अपना खर्च चलाया जिससे वह दूसरों लोगों पर निर्भर नहीं रहे

इसी प्रकार इस अवधि में मोरिटोयिम जोकि तीन माह का इएमआई कृषक जो केसीसी के माध्यम से अपना पैसा जमा करते थे उसे भी स्टेंड किया गया उससे भी कृषकों को फायदा हुआ

और भी खाद बीज लेने में सुविधा हुई है और जो केसीसी मिला है किसानों को बैंक से उसके भी ब्याज में छूट मिली है जिससे कि किसानों को बहुत लाभ हुआ और हमें यह पैसा एक संजीवनी के तौर पर मिला है